आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्नर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है आत्मनिर्मरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्मर भारत सिर्फ एक आर्थिक अमियान न रहकर एक नेशनल स्प्रिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियाँ खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समृद्व देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुँचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और रूचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तमी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पानी की कमी को एक बड़ी चुनौती बताते हये कहा है कि इसके समाधान के लिये सामूहिक प्रयास की जरूरत है उन्होंने कहा कि जल संचयन के लिये चलाये जा रहे सरकारी अभियान से सभी का जुड़ना जरूरी है श्री मोदी आज रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में जल संकट पर चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में बेकार होने वाले पानी के संरक्षण के लिये अभी से प्रयास शुरू करने होंगे उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संरक्षण के लिये शीघ्र ही अभियान शुरू कर रहा है इस अभियान के तहत वर्षा के बेकार होने वाले पानी का संचयन किया जाएगा प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है

हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे गांवो में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जलस्त्रोर्तो तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पायेंगे प्रधानमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में जल पक्षियों की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने बताया कि नेशनल पार्क में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक सौ पचहत्तर प्रतिशत जल पक्षी आये हैं वहां पक्षियों की कुल एक सौ बारह प्रजातियों को देखा गया है इनमें अट्ठावन प्रजाति यूरोप मध्य एशिया और पूर्वी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आये प्रवासी पक्षियों की है संत रविदास जी का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा संत रविदास के नाम के बिना पूरी नही होती संत रविदास ने हमें फल की इच्छा किये बिना अपना कर्म निरन्तर करते रहने की शिक्षा दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने देश की चीजों पर गर्व होना चाहिए जब प्रत्येक देशवासी अपने देश की चीजों पर गर्व करता है तो वह देश से जुड़ता है और ऐसा होने पर आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर राष्ट्रीय भावना बन जाता है प्रधानमंत्री ने छात्रों आ आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीने उनके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं इस दौरान अधिकतर य्वा साथियों की परीक्षायें होंगी य्वाओं को विन्तित होने की बजाय योद्वा की तरह परीक्षा की तैयारी करनी होगी उन्होंने य्वाओं को किसी और से नही बल्कि खुद से स्पर्धा रखने की सलाह दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक से इकतीस मार्च तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान का श्भारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने कोरोना को हरा दिया है यहां अब यह न्यूनतम स्तर पर आ गया है उन्होंने कहा कि देश में कोविड नाइन्टीन की दो वैक्सीन आ गयी है जो कल से सरकारी और निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिये प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हये श्री योगी ने कहा कि अब कोरोना महामारी से देश और प्रदेश सुरक्षित है मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमागी बुखार और संचारी रोगों को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हम संचारी रोगों को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे श्री योगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगे आरोग्य मेले का अवलोकन किया तथा संचारी रोगों से बचाव की जागरूकता के लिये सचल चिकित्सा इकाई वाहनों फॉगिंग मशीन वाहनों और एटी लार्वा स्प्रे टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया